उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की

उन्होंने कहा कि अब कॉरपोरेट सेक्टर और निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी उन्होंने कहा कि केन्द्र का निशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केन्द्र सरकार के निशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें उन्होंने लोगों से आग्रह किया वैक्सीन लें सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए कर्फ्यू राज्य सरकार ने प्रदेश के चार जिलों कांगड़ा ऊना सोलन और सिरमौर में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया

बैठक में स्थानीय स्तर पर विशेष कार्य दल गठित किए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सभी धार्मिक राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोह के दौरान एसओपी को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके बैठक में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज रामलाल मारकंडा राजीव सैजल और राकेश पठानिया सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया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 शिमला में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि नुकसान की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जाएगी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 उन्होंने उपायुक्तों को ये भी निर्देश दिए कि वे बीमा एजैन्सियों को फसल बीमा योजना के तहत कवर की गई फसलों के नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए अपने एजैंटों को कहें ताकि किसानों को जल्द मुआवजा दिया जा सके

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना ज़िले में निर्माणाधीन बीहड्र ऊना राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए

वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि लठियाणी मंदली पुल की डीपीआर जुलाई महीने तक तैयार कर ली जाएगी

महावीर जयंती आज महावीर जयंती है

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को महावीर जयंती पर शुभकामनाएं दीं हैं राज्यपाल ने राजभवन में भगवान महावीर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा करूणा और निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने का संदेश दिया राज्यपाल ने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और सभी को उनका अनुसरण करना चाहिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी लोगों से भगवान महावीर द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का आहवान किया है इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ